शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की कम आवाजाही के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने निचले स्तर तक सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रति जागरूकता लाने के लिए डिजिटल प्रणाली विकसित करने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि इससे सरकारी कार्यालयों में आवाजाही कम होगी और लोग अपने मामलों का निपटारा ऑनलाईन करवाने में सक्षम होंगे प्रदर्शन वैन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओकओवर से राज्य सहकारी बैंक की मोबाईल प्रदर्शन वैन का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक की ये पहल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी जयराम ठाकुर ने बैंक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे एटीएम व रूपेकार्ड से लेनदेन में भी सहायता मिलेगी

राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे मेनका गांधी महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है इनके अंतर्गत तय किया जाएगा कि कम से कम ऐसे मानक तो होने ही चाहिएं जिनसे बच्चों की ठीक से देखरेख हो सके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने ऐसे दिशा निर्देश तैयार करने का फैसला किया है जिनसे बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा और समुचित ढंग से रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई सकेगी साथ ही ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण भी किया जाएगा महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने मण्डी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास अपनी प्राथमिकता बताया है वे आज क्षेत्र के हयोलग पैहड़ सड़क पर मकड़नाला और पाटीनाला पर पुल का शिलान्यास करने के बाद बोल रहे थे महेन्द्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल सड़क और सिंचाई सहित अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं घर द्वार पर उपलब्ध हो सके उन्होंने कहा कि हयोलग गांव में नया विद्युत ट्रांस्फार्मर जल्द ही स्थापित किया जाएगा बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और कमजोर वर्ग के लोगों का आर्थिक उत्थान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कांगड़ा जिला के जसवां परागपुर क्षेत्र के संसारपुर टैरेस में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही

बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए इस मौके उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गोविंद ठाकुर वन व परिहवन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू मनाली वामतट मार्ग का सुदृढीकरण का कार्य तेजी से पूरा किया जाएगा मनाली के समीप अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबद्ध खेल संस्थान में आयोजित जिला स्तरीय शिकायत निवारण शिविर की अध्यक्षता करते हुए आज उन्होंने ये बात कही गोबिंद ठाक्र ने कहा कि कुल्लू मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग को चौड़ा करने के कार्य के चलते भूस्खलन से छियाल गांव को खतरा पैदा हो गया है

इस वर्ष का विषय है मृदा प्रदूषण को कम करने का हल निकालें उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने लोगों से मिट्टी की शुद्धता बनाये रखने का संकल्प लेने को कहा है इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग के समीप विलिंग गांव में किसानों और बागवानों को जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई इसकी अध्यक्षता करते हुए जिला कृषि अधिकारी हेमराज वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और इस दिशा में अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं

राज्य ने केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की संस्तुति के लिए नुक्सान की रिपोर्ट आज केंद्रीय अंतर मंत्रालय की टीम को प्रस्तुत की अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने बताया कि अंतर मंत्रालय के केंद्रीय दल ने राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने मण्डी प्रवास के दौरान केंद्रीय दल को बरसात के कारण हुए नुक्सान से अवगत करवाकर केंद्र से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने की संस्तुति करने का आग्रह किया था दुर्घटना शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में कल देर रात बजाणु नाला नामक स्थान पर एक कार के गहरी खाई में गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई जिला पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल ने बताया कि मृतकों की पहचान नंदपुर गांव के गोपाल मोहन और रमेश के रूप में की गई है पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है